पार्टी अध्यक्ष अतुल बोरा और कार्यकारी अध्यक्ष केशब महंत ने गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मांग की कि एन आर सी में कोई गलत नाम नहीं शामिल हो इसलिए नामों की छानबीन जरुरी हैं दोनों नेताओं ने कहा कि असम गण परिषद को संदेह है कि एन आर सी में विदेशियों के नाम शामिल हो सकते हैं पार्टी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के इस बयान का स्वागत किया कि एन आर सी असम समझौते की आत्मा है

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिज्ञ ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों द्वारा नगालैंड में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के बाद कल नगालैंड के मुख्यमंत्री नीफियों रियो को भरोसा दिलाया कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राज्य को केंद्र की ओर से पूरी मदद दी जाएगी श्री रिजिजू ने केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष ताकाम संजोय ने कथित रुप से ट्रांस अरुणाचल हाईवे घोटाले में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है जीरों में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विशेष जांच प्रकोष्ठ एस आई टी पर से प्रदेश के लोगों का भरोसा उठ गया हैं इसलिए इस मामले की सी बी आई जांच कराई जानी चाहिए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के वास्तविक जमीन मालिको के साथ धोखा हुआ है और इसलिए लोग इस घोटाले में शामिल सभी अधिकारियों और नेताओं की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है तोमो रिबा स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स के अंतर्गत टैरटियरी कैंसर सेंटर में करीब चार सौ पचास कैंसर मरिजों का इलाज किया जा रहा है इस सेंटर की स्थापना अप्रैल दो हजार सत्रह में की गई थी इस सेंटर के नोडल अधिकारी डॉ श्याम सेंरिंग ने बताया कि मुख्यमंत्री निशुल्कः कैंसर केमोथेरेपी स्कीम के तहत राज्य सरकार प्रति मरीज प्रत्येक साल दस लाख रुपये की सहायता प्रदान कर रही है यह योजना केवल ए पी एस टी मरीजो के लिए उपलब्ध है और सरकार गैर अरुणाचली मरीजो को भी इसके तहत कवर करने की योजना बना रही है प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष तामे फासांग ने कल आबोतानी कॉलोनी ईटानगर के प्री प्राईमेरी स्कूल का दौरा कर बेकार पड़े इस विद्यालय को फिर से शुरु करने के लिए स्कूल प्राधिकारी को अश्वासन दिया है उन्होंने आगामी तीन महीने में राज्य सरकार के संबंद्ध अधिकारियों से बातचीत कर कई वर्षों से बंद पड़े इस विद्यालय को कार्यरत बनाने का आश्वासन दिया मिश्मी सांस्कृतिक और साहित्यिक सोसायटी ने गत चार और पांच अगस्त को लोहित जिले के सुनपुरा और लोईलियांग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व एल्कोहल और ड्रग के दुष्प्रभाव और इंटरनेट की बुरी लत विषय पर जानगरुकता कार्यक्रम आयोजित किया शिक्षा स्वास्थ्य कानून और सामाजिक सेवा क्षेत्र से जूड़े रिसोर्स पर्सन ने मिश्मी समाज के युवक युवतियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की

इस विधेयक में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एन सी बी सी को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया गया है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने विधेयक पेश कते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रुप से पिछड़े हुए वर्गों के लोगों को न्याय प्रदान करना है विधेयक को नरेंद्र मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम बताते हुए श्री गहलोत ने कहा कि आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग काफी दिनों से चली आ रही थी उन्होंने सदस्यों से विधेयक को पारित कराने में सहयोग का अनुरोध किया ताकि सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था कर सके राज्यसभा में उपसभापति के पद के लिए नौ अगस्त को चुनाव होगा सभापति एम वेंकैया नायडु ने आज इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सदस्य ब्रधवार तक इस पद के लिए अपने प्रस्ताव दे सकते हैं प्रो पी के कुरियन का पिछले महीने कार्यकाल प्ररा होने के बाद से ये पद रिक्त है देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री राज्य वर्द्वन राठौड़ ने कहा है कि अगले साल से स्कूलों में पाठ्यक्रमों को पचास प्रतशित कम कर खेल को अनिवार्य रुप से खेल का पीरियड शामिल किया जाए उन्होंने कहा कि मंत्रालय खेलों को बढ़ावा देने के लिए और भी उपायों पर विचार कर रही है